जयराम ठाकुर ने उम्मीद जताई कि प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी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 उधर रिकांगपिओ स्थित राजकीय टीएसनेगी महाविद्यालय में स्वीप कार्यकम के तहत विद्यार्थियों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए चित्रकला व नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई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 इधर शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र में स्वीप गतिविधियों के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खलीनी में मतदाता जागरूकता कार्यकम आयोजित किया गया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

मतदान लोकसभा चुनाव के दौरान दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर सभी जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी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

उन्होंने कहा कि इसी तरह निजी बसों और शहर में चल रहे ऑटो रिक्शा पर भी मतदाता जागरूकता संदेशों वाले बैनर लगाए जाएंगे